आज शिमला में हिम विकास समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि समी विभागों को कम से कम एक नई पहल के साथ आगे आकर उसका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा का उददेश्य इनका समयदद्ध लाम प्रदेश के लोगों तक पहुंचाना है जयराम ठाकर ने राज्य सरकार की नीतियों व कार्यकमों को सही ढंग से लागू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि लोगों को इनका लाम मिल सके मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग में एफआरए और एफ सी ए के मामले में तेजी लाने पर बल देते हए प्रभावी काम काज के लिए विभागों में कार्य प्रबंधन प्रणाली को शीघ्र लागू करने की जरूरत बताई उन्होंने कहा कि निर्माण कायोँ की गुणवत्ता में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों और अधिंकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अधिकारियों को अधिक समय फिल्ड में कार्य करने की जरूरत बताई है ताकि विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का लोगों को लाम मिल सके आज शिमला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ चर्चा कर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने ये बात कही राज्यपाल ने फिट इंडिया प्राकृतिक खेती बेटी बचाओ बेटी पढाओ औ कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता लाने पर बल दिया राज्यपाल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेहतर कार्य करने पर शिमला जिला को राष्ट्रीय अवार्ड मिलने पर बधाई दी उन्होंने शिक्षा व संबंधित विभागों को आपसी तालमेल से कार्य करने के निर्देश दिए वीरेन्द्र कंवर पंचायतीराज व मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने मत्स्य पालन संबधीं दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आज बिलासपुर में शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि कार्यशाला में देश के विभिन्न भागों से आए वैज्ञानिक मत्स्य पालन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक पर मंथन करेंगे कंवर ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से मत्स्य को पर्यटन से जोड़ा जा रहा है ताकि विश्व पर्यटन मानचित्र पर प्रदेश का नाम अंकित किया जा सके उन्होंने कहा कि ठंडे पानी की मछली को हिमालय फिश ब्रांड के नाम से मार्किट में उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मछली पालकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि इस साल के अंत तक हिमाचल प्रत्येक परिवार को रसोई गैस सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा कांगड़ा जिले के शाहपुर में सौ पात्र परिवारों को निशुल्क गैस कनैक्शन वितरित करने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही सरवीण चौधरी ने अधिकारियों को ये सुनिश्ति करने के निर्देश दिए कि कोई भी परिवार बिना गैस कनैक्शन के न रहे इस मौके पर उन्होंने जनसमस्याए भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया मेंट नगर निगम शिमला में आज सत्या कौंडल को महापौर जबकि शैलेन्द्र चौहान को उप महापौर चुना गया बाद में नवनिर्वाचित महापौर सत्या कौंडल और उपमहापौर शैलेन्द्र चौहान ने शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उनके सरकारी आवास ओकओवर में भेंट की मुख्यमंत्री ने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि सभी पार्षदों को शिमला शहर के वैमव को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के विकास और इसे साफ सुथरा बनाए रखने के लिए सभी पार्षदों को एकजुट होकर कॉर्य करने की जरूरत है

पुलिस बैठक मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के उद्देश्य से आज शिमला स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेश एसआर मरड़ी की अध्यक्षता में एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया बैठक में पंजाब हरियाणा उत्तराखंड जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के उच्च पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया बैठक में नशे की अंतरराज्यीय आपूर्ति को रोकने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने के अलावा सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर अंतरराज्यीय संचार नेटवर्क विकसित करने केा निर्णय लिया गया